ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन को चरणबद्व तरीके से हटाने से संबंधित म्द्दों पर चर्चा ह्ई बैठक में गृहमंत्री अमितशाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे

श्री चौहान ने निर्देश दिये कि इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएँ स्निश्चित की जाएं

श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

उधर इंदौर में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहं की खरीदी श्रु की जाएगी

रिजर्व बैंक बाजार की स्थिति के आधार पर समय सीमा और धनराशि की समीक्षा करेगा

रायसेन में तीन और संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई

होशंगाबाद जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है